मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना प्रदेश के हज़ारों किसानों के लिए बनी वरदान

प्रदेश मंत्रिमंडल की आज शिमला में हुई बैठक में नई आबकारी नीति को मंजूरी दी गई बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने की

मंत्रिमंडल ने अगले वित्त वर्ष के लिए हिमाचल प्रदेश टोल पॉलिसी को भी मंजूरी दी इसके अलावा मंत्रिमंडल ने प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व दिवस का स्वर्ण जयंती समारोह मनाने के लिए उच्च स्तरीय राज्य स्तरीय और ज़िला स्तरीय कमेटियां बनाने को भी मंजूरी दी वार्षिक योजना राज्य योजना बोर्ड ने प्रदेश की अगले साल की वार्षिक योजना को मंजूरी दे दी हैं

ये जानकारी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में राज्य योजना बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी

उन्होंने कहा कि वार्षिक योजना में सामाजिक सेवा क्षेत्र को सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई है

राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शिमला स्मार्ट सिटी के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं राज्यपाल ने आज उनसे मिलने आए नगर निगम के संयुक्त आयुक्त को ये आदेश दिए राज्यपाल ने कहा कि पर्यटकों की सुविधा के लिए शहर में पार्किंग क्षेत्र ई शौचालय और पार्क विकसित किए जाने चाहिए उन्होंने स्मार्ट सिटी मिशन के तहत संपर्क मार्गो को चौड़ा करने की आवश्यकता पर बल दिया राज्यपाल ने दूटीकंडी रोपवे निर्माण कार्य में तेजी लाने को भी कहा ताकि इसे निर्धारित समय में पूरा किया जा सके संयुक्त आयुक्त ने इस मौके पर कहा कि भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होते ही टूटीकंडी रोपवे का कार्य आरंभ कर दिया जाएगा

मुख्यमंत्री इस दौरान इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों में विभिन्न विकास योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे इनमें खुंडिया में जल जीवन मिशन के तहत पेयजल योजना का शिलान्यास और आईटीआई भवन का लोकार्पण शामिल है देहरा ज़िला भाजपा अध्यक्ष संजीव शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में जोरदार उत्साह है

शिक्षा मंत्री ने कहा कि हिमाचल गुणवत्ता के आधार पर शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी प्रदेशों में एक है

उन्होंने कहा कि सबकी सहभागिता से ही महोत्सव को भव्य व अनूठा स्वरूप दिया जाएगा ऋग्वेद ठाकुर ने आज मंडी में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि मेला समिति ने महोत्सव की पुरातन परंपराओं को सहेजने के साथ साथ इस बार लीक से कुछ हटकर करने पर ज़ोर दिया है

शिवरात्रि महोत्सव का इस वर्ष का थीम प्रदेश के पांच दशक की स्वर्णिम यात्रा रखा गया है एक भारत श्रेष्ठ भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान की आज की कड़ी में हम हिमाचल प्रदेश के जोड़ीदार राज्य केरल में होने वाले कृषि उत्पादों के बारे में संक्षिप्त जानकारी दे रहे हैं

जिनमें रबर काली मिर्च इलायची अदरक सुपारी नारियल तथा कॉफी आदि हैं केरल राज्य में जायफल दालचीनी लौंग आदि मसालों के वृक्ष भी उगाए जाते हैं मदा मिट्टी की जानकारी कृषि व बागवानी के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है मृदा स्वास्थ्य कार्ड इस दिशा में अहम भूमिका निभा रहे हैं सरकार द्वारा कृषकों की सुविधा के लिए उनके खेतों से मिटटी लाकर उसकी जांच की जा रही है तथा उन्हें मृदा जांच कार्ड दिए गए हैं ताकि वे अपनी मिट्टी की पूरी जानकारी हासिल कर सकें

वहीं दूसरी ओर सोलन जिला के किसानों का कहना है कि मिट्टी की जांच से अब उनकी फसलों को कम बीमारियां लग रही हैं इससे उन्हें ज्यादा उत्पादन मिल रहा है

निश्चित तौर पर प्रदेश में यह योजना हजारों किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है मृदा स्वास्थ्य कार्ड का मुख्य उद्देश्य मिट्टी की गुणवत्ता के आधार पर संबंधित फसल के लिए उचित मात्रा में पोषक तत्वों के बारे में किसानों को जागरूक करना है चंबा से विकास ठाकुर और सोलन से लक्ष्मीदत्त के साथ रितेश कपूर आकाशवाणी समाचार शिमला मौसम प्रदेशवासियों को एक बार फिर कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ सकता है

इस बीच प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से मौसम के लगातार साफ बने रहने से तापमान में वृद्धि जारी है

ये उड़ान भूंतर किलाड़ चंबा किलाड़ भूंतर के बीच भरी जाएगी उड़ान मौसम पर निर्भर करेगी

पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नड्डा का ये हिमाचल का पहला दौरा है प्रदेश भाजपा ने इस मौके पर सोलन में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया है जिसकी तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी गई हैं इस संबंध में आज शिमला भाजपा मंडल की एक बैठक का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता ज़िला भाजपा अध्यक्ष रवि मैहता ने की बैठक में रैली के सफल आयोजन को लेकर चर्चा की गई